और लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना प्रदेश के जरूरतमंद लोगों के लिए बनी मददगार मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में अनुमति के साथ प्रदेश के प्रवेश द्वारों पर आने वाले सभी लोगों की जांच रैपिड डाईग्नोस्टिक किट से करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं वे आज शिमला में उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आए उसे क्वारंटाईन सेंटर भेजा जाए और प्रदेश के भीतर आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जयराम ठाकुर ने अधिकारियों से कोरोना वायरस के अति संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों के परीक्षण की गति बढ़ाने के निर्देश भी दिए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट क्षेत्रों को प्रतिबंधित किया जाए और इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए मुख्यमंत्री ने ज़िलो के भीतर व बाहर की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाने को कहा ताकि अन्य क्षेत्रों में कोरोना वायरस का संक्रमण रोका जा सके जयराम मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पीटीए पैट और पैरा अध्यापकों के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने इन अध्यापकों का हमेशा से ध्यान रखा है और पिछले वर्ष से उन्हें नियमित अध्यापकों की तर्ज पर वेतनमान दिया गया लेकिन इनका मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास लंबित होने के कारण इन्हें नियमित नहीं किया जा सका उन्होंने कहा कि सरकार अब इस निर्णय के आने के बाद इन अध्यापकों के मामले पर आगामी कार्यवाही करेगी दिशा निर्देश केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए समेकित संशोधित दिशा निर्देश जारी किये हैं ये निर्देश कृषि गतिविधियों बागवानी वित्तीय क्षेत्र और निर्माण कार्यों से संबंधित सेवाओं व उत्पादों के बारे में हैं कल जारी किये गये इस नये आदेश के अंतर्गत वन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अन्य वन वासियों द्वारा फसल कटाई संग्रह तथा बागवानी जैसी कृषि गतिविधियों और गौण वन उत्पादों या गैर इमारती लकड़ी के प्रसंस्करण को छूट दी गई है बांस नारियल सुपारी कोको और मसालों की फसलों की कटाई प्रसंस्करण पैकेजिंग बिक्री और विपणन को भी छूट की श्रेणी में रखा गया है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आवास वित्त कंपनियों सहित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां माइक्रो वित्तीय संस्थान और सहकारिता समितियां लॉकडाउन के दौरान कम से कम कर्मचारियों के साथ संचालन कर सकती हैं जल आपूर्ति साफ सफाई ट्रांसमिशन लाइनों दूरसंचार आप्टीकल फाइबर और केबल संबंधी गतिविधियों के संचालन की भी अनुमति दे दी गई है

उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इनका उद्देश्य बाजार में नकदी की पर्याप्त उपलब्धता बनाये रखना बैंकों को ऋण प्रवाह में वृद्वि के लिए प्रोत्साहित करना वित्तीय दबाव कम करना और बाजारों को सामान्य कामकाज के लिए सक्षम बनाना शामिल है

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना महामारी के कारण यूकेन में फंसे देश व प्रदेश के विद्यार्थियों के कुशलक्षेम के बारे में सरकार से जानकारी ली

इसके अतिरिक्त यूक्रेन में भारतीय दूतावास भी इन विद्यार्थियों के लगातार सम्पर्क में है तथा प्रदेश सरकार भी इस पर समय समय पर जानकारी ले रही है आग शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला ज़िले में रोहड् क्षेत्र के छहारा ब्लॉक के दली गांव में आग लगने की घटना से प्रभावित हुए परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं उन्होंने प्रशासन को तुरन्त कार्यवाही करते हुए प्रभावित परिवार को उचित मदद प्रदान करने के आदेश दिए भारद्वाज ने गांव के लोगों द्वारा आग पर काबू पाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की

आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है

धीमान ने कहा कि आईजीएमसी शिमला में ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई है

विद्यार्थियों को हिमाचल द्रदर्शन ज्ञानशाला कार्यक्रम के माध्यम से ये सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध रहेगी

उज्जवला योजना केंद्र सरकार लॉकडाउन कफ्यू के दौरान समाज के गरीब व जरूरतमंद वर्ग को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता दे रही है प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत जनजातीय जिला लाहौल स्पिति के कीह गांव की यंगजिन छोमो को गैस सिलेंडर के पैसे खाते में आने से बेहद खुश हैं

कीह गांव की एक अन्य महिला छेरिंग डोलमा ने भी उज्जवला योजना के तहत सिलेंडर व खाते में पैसे आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है परिवहन निगम राज्य पथ परिवहन निगम के एक प्रवक्ता ने बताया है कि निगम की सार्वजनिक परिवहन सेवाएं शुरू करने की फिलहाल कोई भी योजना नहीं है उन्होंने लोगों से इस संबंध में किसी अफवाह सोशल मीडिया के संदेश और अन्य किसी माध्यम से मिली सूचना पर विश्वास न करने का आग्रह किया है प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार निगम द्वारा आगामी आदेशों तक अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं संचालित नहीं की जा रही हैं मोबाईल वैन ऊना ज़िले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की सुविधा के लिए स्वैब कलेक्शन विंडो युक्त मोबाईल वैन उपलब्ध करवाई गई है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमन कुमार शर्मा ने बताया कि इस वैन के अंदर चिकित्सक और पैरा मैडिकल स्टॉफ कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल ले सकेंगे और इस दौरान उन्हें पीपीई किट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हालांकि मास्क व ग्लबस का प्रयोग करना जरूरी है रमन कुमार शर्मा ने बताया कि वैन के माध्यम से सैंपलिंग करना चिकित्सकों व पैरा मैडिकल स्टॉफ के लिए पूरी तरह सुरक्षित है और इससे संक्रमण का भी कोई खतरा नहीं रहेगा